प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पहली वर्षगांठ पर केन्द्रीय कृषि मंत्री ने किसानों की मदद के लिए किया एप लांच नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश में खाद्यान्न भण्डारण क्षमता का होगा विस्तार शबरी जयंती पर आज प्रदेश भर में हुए कई कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने आदिवासियों का पलायन रोकने के लिए नई कार्ययोजना बनाने के दिये निर्देश बारिश और ओलों से कटनी अनूपपुर उमरिया सिवनी सहित कई जिलों में फसलें हुई प्रभावित नमस्ते ट्रम्प अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने आज गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्थित सरदार पटेल स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प आयोजन में एक लाख से अधिक लोगों को सम्बोधित किया इस अवसर पर अमरीकी राष्ट्रपति श्री ट्रम्प ने कहा कि दोनों राष्ट्रों की लोकतांत्रिक परम्पराएं उनके मजबूत संबंधों का आधार हैं श्री ट्रम्प ने अपने भाषण में स्वामी विवेकानंद महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरुषों को याद किया इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमरीकी राष्ट्रपति ट्रम्प के साथ अपनी गहरी दोस्ती का उल्लेख करते हुए भारत और अमरीका के बीच विभिन्न क्षेत्रों में हुए सहयोग की चर्चा की इस समारोह के बाद श्री ट्रम्प ताजमहल देखने आगरा पहुंचे ताजमहल के दीदार के बाद उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत बताया किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली वर्षगांठ पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज मोबाइल ऐप पीएम किसान का शुभारंभ किया इस ऐप का उद्देश्य योजना को और ज्यादा किसानों तक पहुंचाना है इसकी मदद से किसान अपने भुगतान की स्थिति जान सकेंगे और वे योजना की पात्रता तथा अन्य जानकारी भी ले सकेंगे

उन्होंने कहा कि पीएम किसान ऐप इस उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान देश भर में चल रहा है

इसके तहत हम आपको मध्यप्रदेश के पार्टनर स्टेट मणिपुर की लोककला रहन सहन पर्यटन स्थलों और संस्कृति से रू ब रू करा रहे हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं मणिपुर को क्यों कहा जाता है आर्किड बास्केट

श्री तोमर ने कहा इसके तहत निजी गोदाम संचालकों को प्रोत्साहित भी किया जायेगा और नये गोदामों का निर्माण कराया जायेगा

इस अवसर पर आदिवासी बाहुल्य डिण्डौरी जिले में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि संस्कृति ही आदिवासी समाज की शक्ति है उन्होंने कहा है कि आदिवासियों की संस्कृति महान है और आदिवासियों का गौरवशाली इतिहास है उन्होंने कहा कि आदिवासियों की इस संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास होने चाहिए इस दौरान मुख्यमंत्री ने आदिवासी क्षेत्रों में पलायन रोकने और रोजगार देने के लिए सुनियोजित योजना बनाने की बात कही कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के बीच हितलाभ वितरित किये कार्यक्रम को जनजाति कार्य मंत्री ओंकार सिंह मरकाम वित्तमंत्री तरुण भनोत और सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण मंत्री लखन घनघोरिया ने भी संबोधित किया उधर गुना जिले के मकसूदनगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्दन सिंह ने भील समाज के लोगों के साथ परंपरागत खेल बिनोरी में हिस्सा लिया गौकुंम जबलपुर में आज संतों की पेशवाई के साथ मां नर्मदा गौ कुंभ शुरू हुआ तीन मार्च तक चलने वाले इस समारोह के पहले दिन आज नरसिंह मंदिर से शुरू हुई शोभायात्रा गीता धाम स्थित कुंभ स्थल पर समाप्त हुआ

अनूपपुर शहडोल उमरिया सिवनी कटनी सहित कई जिलों में कल बारिश हुई और कहीं कहीं ओले भी गिरे उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल ओला गिरने से फसले प्रभावित हुई जिले के किसानों ने मुआवजे के लिए कलेक्ट्रर कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया उधर अनूपपुर में भी कल रात रुक रुककर बारिश होती रही आज मंडला और सिवनी जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओले गिरे पिछले चौबीस घण्टों के दौरान शहडोल और जबलपुर संभागों के कुछ स्थानों पर और रीवा संभाग में कहीं कहीं वर्षा हुई मौसम में आये बदलाव से तापमान में कमी आई है

मौसम विभाग ने रीवा जबलपुर और शहडोल संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है आकाशवाणी उत्सव आकाशवाणी भोपाल में आज आकाशवाणी रिक्रियेशन क्लब द्वारा वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया इस दौरान विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार दिये गये वहीं प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया गया क्लब के सचिव पुरुषोत्तम श्रीवास े ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य कर्मियों और उनके परिवारों के बीच परस्पर संवाद और संपर्क कायम करना है

इसमें सागर जिले में कांग्रेस और भाजपा के विधायकों से सात सात लाख मांगने के मामले में पुलिस जांच कर रही है

जिससे किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो